नई दिल्ली में कल दसवीं दिल्ली डायलॉग की विशेष सत्र को संबोधित करते हुए श्री मेन ने दोनो देशों की आपसी फायदे और सीमा पार व्यापार एवं पर्यटन को सुविधाजनक बनाने के लिए म्यांमा तक स्टीलवेल खोलने के अपने विचार को फिर से दोहराया श्री मेन ने भारत म्यांमा थाइलैण्ड राजमार्ग को परिचालित करने और पूर्वोत्तर क्षेत्रों की मदद के लिए तालू मोरेह तक की सड़क को और मजबूत करने को कहा उन्होंने सीमांत क्षेत्र में उचित सुरक्षा और कस्टम सुविधाओं के साथ एकीकृत चेक पोस्ट का निर्माण करने और सीमा व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए व्यवहार्य स्थान में सीमा हाट खोलने पर भी जोर दिया

आयोग ने पत्र लिखकर इन संस्थानों से कहा है कि उच्चतम न्यायालय में अनुसूचित जातियों जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के आरक्षण के बारे में मानव संसाधन विकास मंत्रालय की उच्चतम न्यायालय में दायर विशेष अनुमति याचिका पर फैसला सुनाए जाने तक कोई भर्ती न की जाए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने मार्च में घोषणा की थी कि अनुसूचित जातियों जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षको के कुल आरक्षित पदों के निर्धारण के लिए किसी पूरे संस्थान को नहीं बल्कि शैक्षिक विभाग को इकाई माना जाए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पिछले साल अप्रैल के आदेश के आधार पर आयोग ने यह फैसला किया था उच्चतम न्यायालय ने भी इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को सही माना था यूजीसी के इस फैसले का बड़े पैमाने पर विरोध हुआ जिसके बाद यूजीसी ने उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका दायर कर इस आदेश को वापस लेने का अनुरोध किया और सभी शैक्षिक संस्थानों से कहा कि नए फार्मूले के हिसाब से किसी शिक्षक की भर्ती न की जाए उच्चतम न्यायालय इस मुद्दे पर सरकार की पुनर्विचार याचिका पर जल्दी ही सुनवाई करेगा तवांग में कल जिले से दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना के अंदर लाभान्वित बीस लाभार्थियों ने विडियों कॉम्फरन्स के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत की प्रधानमंत्री से सीधे बातचीत के दौरान लेबोर केंप से लाभार्थी ड्रेमा ने बताया कि किस तरह योजना के तहत प्राप्त विद्युतिकरण ने उनके जीवन में बदलाव आया है दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना के तहत तवांग जिले में लक्षित ग्यारह गांवों को विद्युतिकृत करने का लक्ष्य पिछले वर्ष दिसंबर में पूरा हो गया था व्हाट्सऐप ने कहा है कि भारत में उसके उपभोक्ताओं को एक बार में पांच से अधिक चैट्स की अनुमति नहीं दी जाएगी यह कदम व्हाटसऐप के जरिए फर्जी संदेश भेजने की समस्या से निपटने के लिए उठाया गया है जिसकी वजह से मॉब लिचिंग की घटनाओं में वृद्धि हुई कंपनी ने कहा है कि वह क्विकफॉवर्ड बटन को ही हटा देगी एक ब्लॉग में व्हाट्सऐप ने यह माना है कि भारत में विश्व के अन्य देशों की अपेक्षा बहुत अधिक संदेश फोटों और वीडियों भेजे जाते हैं फेसब्रक के अधिकार क्षेत्र वाली इस कंपनी के दुनिया में एक अरब उपयोगकर्ता है और अकेले भारत में बीस करोड़ से अधिक उपयोगकर्ता हैं व्हाट्सऐप को फर्जी समाचारों और झूठी सूचनाओं के प्रसार के मुद्दे पर भारत सरकार से फटकार पड़ी है सरकार ने कल उसे द्रसरा नोटिस भेजा और इस समस्या का हल निकालने के लिए ठोस कदम उठाने को कहा था आपदा प्रबंधन विधायी सचिव कालिंग मोयोंग ने कल पासीघाट में बन रहे बहुआयामी आउटडोर स्टेडियम की प्रगति का जायजा लिया उन्होंने कार्य की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए कार्यकारी एजेंसी की प्रशंसा की और निर्धारित समय पर कार्य को पूरा करने को सुनिश्चित करने के लिए निर्माण कार्य की गति में तेजी लाने का आग्रह किया श्री मोयोंग ने बताया कि नब्बे प्रतिशत निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और अक्टूबर महीने तक स्टेडियम पूरी तरह से तैयार हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश चिकित्सा परिषद ने कहा कि राज्य के क्लीनिकल प्रयोगशालाओं को नैदानिक प्रतिष्ठान अधिनियम दो हजार दस और भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम उन्नीस सौ छप्पन के अनुसार सभी लेबोरेटोरी रिपोर्ट को प्रयोगशाला चिकित्सा द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए उन्होंने कहा कि हालांकि उनके अनुपस्थिति में सभी प्रयोगशाला रिपोर्ट अरुणाचल प्रदेश चिकित्सा परिषद के साथ पंजीकृत एम बी बी एस डिग्री धारक द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए